नवम्बर की शुरुआत में नये मामलों की संख्या एक हजार से नीचे हो गई थी लेकिन अब लगातार मामले बढ़ रहे हैं

इससे सरकार की चिंता बढ़ गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिन में तीन बजे एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है जिसमें कोरोना संबंधी मामलों की समीक्षा होगी

इस समय हर नागरिक को सावधान रहने की जरूरत है दरअसल प्रदेश में नवम्बर के शुरुआती दिनों में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी

उधर जबलपुर कोरोना काल से आर्थिक तंगी की मार झेल रहे अधिवक्ताओं की सहायता को लिए हाइकोर्ट और जिला बार एसोसिएशन ने केंद्र और राज्य सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग की है एक पत्रकार वार्ता के दौरान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव मनीष तिवारी ने बताया कि आर्थिक तंगी झेल रहे अधिवक्ताओं के लिए केंद्र और राज्य सरकार से आर्थिक सहायता और अधिवक्ताओं का बीमा और मेडीक्लेम कराने की मांग की गई है

वहीं सात स्थानों से कंटेनमेंट एरिया समाप्त करने के निर्देश भी दिये हैं

फिलहाल बैंक को सील किया गया है

आज भोपाल में पार्टी मुख्यालय में एक पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गुपकर गठबंधन में कांग्रेस का शामिल होना इस बात का सबूत है

इसके लिए जिला ई गवर्नेस प्रबंधक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है सभी विभाग प्रमुखों को अपने विभाग से संबंधित लोक परिसम्पत्तियों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज कराना होगी गौरतलब है कि जिले में विभिन्न विभागों तथा एजेंसियों के पास महत्वपूर्ण शासकीय सम्पत्तियां हैं इनमें से अनेक शासकीय भूमि एवं भवन या तो अनुपयोगी हो गए हैं या उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है ऐसी सभी संपत्तियों का पोर्टल पर पंजीयन किया जाना है छठ पर्व प्रदेश के विभिन्न भागों में छठ पूजा पारंपरिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनायी जा रही है छठ पूजा के तीसरे दिन आज श्रद्वालु शाम को सूर्य को अर्घ्य देंगे चार दिवसीय समारोह का समापन कल सूर्य को प्रातः अर्घ्य के साथ होगा छठ पर्व सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा की अराधना के लिए किया जाता है इस पर्व के दौरान लोग पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा और जीवन शक्ति के देवता सूर्य का धन्यवाद करते हैं

अब शादी समारोह के लिए एस डी एम से बारात निकालने की अनुमति लेनी होगी वहीं डीजे पर प्रतिबंध रहेगा और मेहमानों की संख्या भी सीमित रखनी होगी